कल शिमला से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से योजना की लाभार्थी महिलाओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि क्वांरटीन के नियम तोड़ने वालों की जानकारी संबंधी अधिकारियों तक पहुंचाएं जयराम ठाकुर ने खुशी जताई कि हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के कारण शत प्रतिशत घरों में रसोई गैस कनैक्शन देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य बन गया है इस दौरान महिलाओं ने भी अपने अनुभव मुख्यमंत्री से सांझा किए इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज शिमला से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुन्दरनगर विधानसभा क्षेत्र के विकासात्मक कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे पीएम ग्राम सडक योजना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने हमीरपुर जिले के कई गांवों की तस्वीर बदल दी है

हिमाचल प्रदेश में कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने का अनुपात देश भर की स्वास्थ्य दर के मुकाबले अधिक है

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाक़्र के बयान को प्रमुखता दी है

हिमाचल शत प्रतिशत घरों को गैस कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य शीर्षक से आपका फैसला ने लिखा है मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के लाभार्थियों से की बातचीत अमर उजाला की खबर है बिना कोरोना रिपोर्ट कुल्लू पहुंच गए पर्यटक बजौरा चेक पोस्ट से लौटाए चंडीगढ़ हरियाणा व पंजाब के सैलानी जबकि दैनिक भास्कर ने लिखा है पर्यटकों को राहत मिलते ही परवाणु बैरियर से दो हजार वाहन पहुंचे हिमाचल निजी स्कूलों को नियामक आयोग के दायरे में लाने की प्रक्रिया शुरू मनमानी फीस पर लगेगी लगाम अमर उजाला की खबर है दिव्य हिमाचल के मुताबिक हजार करोड़ से ज्यादा का कर्ज लेगा हिमाचल केंद्रीय करों में हिस्सेदारी न मिलने से वित्तीय हालात नासाज मौसम पर आपका फैसला का शीर्षक है हिमाचल में दो दिन भारी बारिश और अंधड़ येलो अलर्ट जारी